कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जायेंगे

ईडी ने पटना की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि कोविड महामारी के मद्देनजर नीट और जेईई परीक्षा कराते समय पूरी ऐहतियात बरती जाएगी और सभी आवश्यक उपाए किए जाएंगे एनटीए के महानिदेशक डॉक्टर विनीत जोशी ने कहा कि सभी विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा उनकी प्राथमकिता है उन्होंने आश्वासन दिया कि परीक्षा के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने के बारे में सरकारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा

उसको ध्यान में हुए हम लोगों ने सोशल ठिस्टेसिंग की जो गर्दमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन्स है उसका पूरा ध्यान मे रखते हुए एक तो हमने नंबर ऑफ सेंटर्स को बढ़ाया है नंबर ऑफ सेंटर्स मतलब नंबर ऑफ सम्स को बढ़ाया है हमने इस बात का मी पूरा ध्यान रखा हुआ है कि जो बच्चे परीक्षा केन्द्र पर एकत्र होते हैं परीक्षा गुरु सोने के पहले या परीक्षा खत्म होने के बाद उसको भी प्रापली कंट्रोल किया जाए इसके अलावा नंबर ऑक इविजिलेटर की संख्या को भी दोगुना कर दिया गया है क्योकि एक तस्क हम सोशल ठिस्टिंग का ध्यान रख रहे है दूसरी तरक से हम लोग यह भी ध्यान रख रहे हैं कि इस परीक्षा की जो एक प्रमाणिकता है इसकी जो खिकेसी है इसकी जो सेपटी है यो पूरी बनी रहे एनटीए के महानिदेशक ने कहा कि परीक्षा हाल की संख्या बढ़ाई गई है ताकि एक कमरे में बारह उम्मीदवारों से ज्यादा न बैठें एक केन्द्र में विद्यार्थियों के अलग समूहों को अलग अलग समय आवंटित किया गया है परीक्षकों की संख्या भी दोगुनी कर दी गई है श्री जोशी ने कहा कि पिछले पन्द्रह दिन से शहर समन्वयकों और प्रेक्षकों को मानक संचालन प्रक्रिया तथा विस्तृत दिशानिर्देशों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे परीक्षा केन्द्रों में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियम का सख्ती से पालन कर सके उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के लिए परामर्श जारी किया गया है अगर दिशानिर्देशों का पालन किया गया तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी जेईई मेन्स और नीट परीक्षा अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में आयोजित की जाएंगी इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा पहली से छह सितंबर तक और नीट परीक्षा तेरह सितंबर को आयोजित होंगी शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि हम छात्रों के साथ हैं और उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है

पहली उसकी सुरक्षा उसके बाद उसकी रिश्ना और सुप्रीम कोर्ट का मी हमको सम्मान करना है और उन अभिभावकों को जो अभिभावक लगातार रूम पर दबाव बनाए हुए है

तो मुझे निवेदन करना है सभी से कि सुप्रीम कोर्ट की भावनाजों को भी हमको सम्मान करना चाहिए और बच्चों का एक वर्ष खराब न हो मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले के सजायाफ्ता ब्रजेश ठाकुर पर मनी लांड्रिंग का केस चलेगा प्रवर्तन निदेशालय ने इस संबंध में पटना स्थित विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है आरोप पत्र में ब्रजेश ठाकुर की आठ करोड़ रूपये से अधिक की अवैध संपत्ति को अंतिम रूप से जब्त करने और अधिकतम सात साल की सजा का अनुरोध किया गया है गौरतलब है कि इस मामले में ईडी ब्रजेश ठाकुर की कई संपत्तियों को पहले ही जब्त कर चुका है वहीं चावल घोटाला मामले के मुख्य आरोपी मिलर दिवेश कुमार चौधरी के खिलाफ भी ईडी ने आरोप पत्र दायर किया है आरोप पत्र में उसकी अवैध रूप से अर्जित की गयी संपत्तियों को जब्त करने और अधिकतम सजा की मांग की गयी है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लडाई दुनिया के कई बड़े देशों के मुकाबले बेहतर है उन्होंने कहा कि संक्रमण से देश में स्वस्थ होने वालों की दर भी छिहत्तर दशमलव तीन प्रतिशत हो गयी है

कोविड उन्नीस के दो हजार एक सौ तिरसठ नये मामलों की पूष्टि के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक लाख छब्बीस हजार नौ सौ नब्बे हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक तीन सौ उनतालीस मामले पटना जिले में मिले हैं वहीं पूर्वी चंपारण में एक सौ बत्तीस मुजफ्फरपुर में एक सौ चौबीस और अररिया में एक सौ सत्रह नये मामलों की पुष्टि हुई है सारण और मधुबनी में संतानवे संतानवे पूर्णिया में तिरानवे बेगूसराय में छिहत्तर भागलपुर में तिहत्तर गया में अड़सठ और कटिहार में बासठ पॉजिटिव मामले सामने आये हैं अन्य जिलों से भी संक्रमण के नये मामले सामने आये हैं विभाग के अनुसार एक दिन में दो हजार दो सौ चौंतीस लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख छह हजार सात सौ पैंसठ हो गयी है स्वस्थ होने की दर चौरासी दशमलव शून्य सात प्रतिशत है वहीं इस वैश्विक महामारी से अब तक राज्य में छह सौ तिरपन लोगों की मृत्यु हुई है सक्रिय मरीजों की संख्या उन्नीस हजार पांच सौ इकहत्तर है नई दिल्ली के सीताराम भरतीया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ डॉक्टर अमर चंद बजाज ने कोविड संक्रमण से बचने के लिए स्वच्छता के महत्व पर जोर दिया है

तब तक हमें जो प्रीक्योरानरी मेजर्स है यो फोलो करने हैं जहां जरुस्त न शो उसमें पर से बिल्कल बाहर न निकले खोरिश करे कम से कम बाहर निकलना और जबकि निकलना मी पड़ा पर से बाहर तो कोरिश करें कि जहां आप दो लोग खरे हैं करीब दो मीटर दूर खडे रहें नहीं तो कम से कम एक मीटर दूर खडे रहें पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से कोरोना जांच को लेकर जबाव तलब किया है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की जांच कितनी बढ़ी है सरकार को दो दिनों के अंदर जबाव देने का निर्देश दिया गया है स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के स्नातकोत्तर और डिप्लोमा उत्तीर्ण तीन सौ इक्यासी चिकित्सकों को राज्य के विभिन्न मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में नियोजित किया है विभाग के अपर सचिव डॉक्टर कौशल किशोर ने बताया कि यह नियोजन तीन साल तक अनिवार्य सेवा के प्रावधान के तहत किया गया है गंगा नदी में उफान और गंडक नदी के जलस्तर में जारी उतार चढ़ाव के कारण प्रदेश में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है गंगा नदी के बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित जिले मुंगेर भागलपुर कटिहार और खगड़िया हैं मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्न प्रखंडों के तेईस पंचायत बाढ़ से प्रभावित हुए हैं गंगा का पानी दियारा क्षेत्रों के साथ साथ चौर और टाल क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहा है जिस कारण फसलों को व्यापक क्षति हुई है पशुपालकों के सामने पशु चारे की समस्या उत्पन्न हो गयी है खगड़िया जिले में गंगा के साथ साथ कोसी बागमती और करेह नदियों के उफान से सात प्रखंडों की डेढ़ लाख से अधिक की आबादी प्रभावित हुई है गोगरी प्रखंड के कई गांवों में पानी के बढ़ जाने के कारण लोगों की परेशानियां बढ़ गयी है वहीं सदर प्रखंड के कई पंचायत भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं कटिहार से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा और कारी कोसी नदी का पानी सेमापुर और मोहना चांदपुर के कई गांवों में फैल गया है भागलपुर जिले में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है इधर गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव से गोपालगंज और सारण जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं सारण जिले के दिघवारा और दरियापुर प्रखंडों के निचले क्षेत्रों में बाढ़ का पानी फैल रहा है हराजी मिर्जापुर सड़क पर पानी के आ जाने से आवागमन ठप हो गया है दूसरी तरफ गोपालगंज जिले के विश्म्भरपुर में गंडक नदी की तबाही जारी है अहिरौलीदान विशुनपुर गाइड बांध पर कटाव तेज हो गया है जल संसाधन विभाग के अभियंता मौके पर बाढ़ निरोधात्मक कार्य में जुटे हैं इधर उत्तर बिहार में बाढ़ का पानी उतरने के साथ स्थितियां अब सामान्य होने लगी हैं

पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने महागठबंधन में शामिल दलों से सीट बंटवारे को लेकर तत्काल आपसी सहमति बनाने की आवश्यकता जतायी है पार्टी कार्य समिति की बैठक में श्री कुशवाहा ने कहा कि सीट बंटवारे में देरी का खामियाजा महागठबंन को भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस ने बिहार विधान सभा चूनाव में योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए छह सदस्यों की स्क्रीनिंग कमिटी बनायी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए प्रदेश की सभी छोटी बड़ी नदियों को जोड़ा जायेगा मुख्यमंत्री जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोसी मेची लिंक योजना को राष्ट्रीय योजना में शामिल करने से दो लाख चौदह हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग द्वारा चलाये गये विशेष अभियान के तहत चार सौ पैंतीस दुकानों में अनियमितता पायी गयी है कृषि विभाग के अनुसार इनमें से तीन सौ अठारह दुकानों के लाईसेंस निलंबित कर दो सौ सत्रह दुकानदारों से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है चार दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है विभागीय मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि सरकार खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि राज्य में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में ग्यारह लाख चौहत्तर हजार से अधिक घरों का निर्माण हो चुका है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि यह निर्धारित लक्ष्य से सैंतालीस प्रतिशत अधिक है उन्होंने बताया कि नौ जिलों में आवंटित आवास का नब्बे प्रतिशत से अधिक निर्माण कार्य पूरा हो चुका है बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक संवर्ग के अधिकारियों के लिए बीएड कोर्स की अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने बताया कि इसके लिए बिहार शिक्षा सेवा नियमावली दो हजार चौदह में आवश्यक संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी गयी है बक्सर के उप विकास आयुक्त कार्यालय के वरीय लेखा पदाधिकारी धर्मेन्द्र कुमार को निगरानी जांच ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है गिरफ्तार कर्मी मनरेगा के तहत कराये गये काम के भुगतान के एवज में एक संवेदक से पचास हजार रूपये घूस ले रहा था कटिहार रेलवे जंक्शन से रेल पुलिस ने चौदह बाल मजदूरों को मुक्त कराकर सात तस्करों को गिरफ्तार किया है सुपौल जिले के सदर थाना क्षेत्र से उत्पाद विभाग की टीम ने तीन सौ कार्टन शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है जहानाबाद जिले के थल्लू बिगहा गांव से पुलिस और एसएसबी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर कुख्यात नक्सली रामप्रीत यादव को गिरफ्तार कर लिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है बिहार की परियोजना से उत्तर भारत में होगा बाढ़ प्रबंधन दैनिक जागरण की सुर्खी है साढ़े दस लाख बाढ़ प्रभावितों के खाते में भेजे गये छह सौ उनतीस करोड़ रूपये दैनिक भास्कर लिखता है सात मुख्यमंत्री नीट और जेईई के खिलाफ प्रभात खबर ने लिखा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ दर्ज किया केस राष्ट्रीय सहारा और दैनिक आज ने कोरोना से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय किये जायेंगे

ईडी ने पटना की विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर किया